राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास जारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी बर्फबारी का क्रम जारी प्रदेश में शीतलहर बढ़ी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

शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते सभी कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केन्द्रों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि तुरंत प्रभावी कदम उठाए जा सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और इसके प्रसार का मुख्य कारण निर्धारित एसओपी के पालन में लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही है उन्होंने कहा कि इस संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और मुख्य सचिव अनिल खाची भी इस दौरान मौजूद रहे

अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी हमीरपुर ज़िला भाजपा ने इस नियुक्ति पर अनुराग ठाकुर को बधाई दी है ज़िला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाक़र के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में पार्टी भारी जीत दर्ज करेगी

इसके अलावा निर्वाचन विभाग की वैबसाइट पर भी मतदाता सूचियों का प्रारूप उपलब्ध रहेगा

बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है ये पर्व कल मनाया जाएगा राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जताई कि भाई बहन के स्नेह का यह पर्व समाज में एकता व भाईचारा स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई दूज का त्यौहार जहां एक ओर भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है वहीं समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान साइना नेहवाल के पति अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारूपल्ली कश्यप भी मौजूद रहे राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दे रही है और ग्रामीण स्तर पर खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद से प्रदेश में खेल के लिए अधिक आधारभूत ढांचे की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है भेंट के दौरान साइना नेहवाल ने प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छा जताई बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट की विश्वकर्मा दिवस निर्माण सृजन शिल्प व वास्तु के देवता विश्वकर्मा की जयंती आज प्रदेशभर में मनाई गई इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की दीपावली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व है विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सोलन में भी कारीगरों द्वारा औज़ारों की विधिवत पूर्जा अर्चना की गई उनका कहना है कि आज के दिन विश्वकर्मा को याद किया जाता है इस बीच आज गोवर्धन पूजा का पर्व भी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा करने में विफल रही है उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा द्वारा की गई कई घोषणाएं अभी भी धरातल पर नहीं उतरी हैं उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय पार्टी नेताओं के आपसी विवाद के कारण नहीं बन पा रहा है और रेल परियोजनाओं का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है प्रेस दिवस राष्ट्रीय प्रेस दिवस कल मनाया जाएगा कोरोना संकट के कारण इस वर्ष ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया जाएगा भारतीय प्रेस परिषद के दिशा निर्देशो के अनुसार इस बार मीडिया कर्मी वैबिनार के माध्यम से जुड़कर ही निर्धारित विषय पर चर्चा करेंगे

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है लाहौल घाटी के अनेक रिहायशी इलाकों में ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है

इस बर्फबारी को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं ने रोज़गार सुजन से समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सहकारी सभा मण्डी ज़िले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के डुगधार में कृषि सेवा सहकारी सभा की नई शाखा का विधायक प्रकाश राणा ने आज शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी सभाएं शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने में भी सक्षम हैं उन्होंने कहा कि सहकारी सभा की नई शाखा के खुलने से स्थानीय लोगों को विभिन्न तरह की बैंकिंग सुविधाओं का घरद्वार पर लाभ मिलेगा